प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा देश को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य में प्रदेश पहल करेगा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

आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के दायरे में अब और अधिक लोगों को लाया गया है जिसे देखते हुए टीकाकरण सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है

इधर प्रदेश में भी टीकाकरण कार्यक्रम जारी है

जालोर में बुजुर्गो को टीका लगाने के लिये दो केन्द्र स्थापित किये गये है

बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि सभी धर्मगुरूओं से वेक्सीनेशन के अभियान में आगे बढ़कर सहयोग करने की अपील की उधर अजमेर में मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है

सवाईमाधोपुर में कोविड के खिलाफ जन जागरूकता के लिये पोस्टर और मास्क बांटे गये जालौर में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिये जिला प्रशासन सूचना और जनसम्पर्क विभाग और एक निजी संस्थान की ओर से लोक गीत तैयार करवाया गया है

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं ये भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिये नामांकन के दूसरे दिन आज पहला नामांकन पत्र सुजानगढ़ के लिए भरा गया राज्य के मुख्य निर्वोचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अन्य दोनों विधानसभा क्षेत्रों ने अब तक कोई पर्चा दाखिल नहीं किया गया है

उन्होंने बताया कि ऐसे विद्यार्थी ही परीक्षा केंद्र बदल सकेंगेजिन्हें बोर्ड द्वारा रोल नंबर जारी किए जा चुके हैं